मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

ये अभ्यास पांच दिन चलेगा

देश में कोविड के सकिय रोगियों की संख्या आज दो लाख से नीचे आ गई है

इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुये नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि टीकाकरण के समय लाभार्थी अपनी किसी भी तरह की एलर्जी के बारे में डॉ को जरूर बताना चाहिए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

उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है

श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के तहत दो करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पहली बार दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जाता है

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्राइवेट टी वी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुददे पर बहस करने को तैयार है

गजेंद्र सिंह शक्तावत पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायक शक्तावत के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका असामयिक निधन सभी के लिए गहरी क्षति है वे एक सजग जनप्रतिनिधि थे और क्षेत्र के विकास के लिए उन्हेांने सदैव समर्पित भाव से काम किया उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश प्रनियां और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड ने भी संवेदना व्यक्त की है जैसलमेर जिले में सुखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय अध्ययन दल ने आज एक बैठक कर प्रतिनिधियों और जिलास्तरीय अधिकारियों से चर्चा की जिला कलक्टर ने जिले के प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानकारी दी विधायक रूपाराम ने जिले को विशेष सूखा और अभाव वाला बताया और फसल के साथ घास पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता को सामने रखकर आपदा का आंकलन करने की जरूरत पर जोर दिया केन्द्रीय दल के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जिले की विशेष परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा

प्रकाश पर्व के उपलक्ष में गुरूद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है गुरूद्वारों में कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ अट्ट लंगर बरते जा रहे हैं बुंदी में बाई पास स्थित गुरदवारे सहित अन्य गुरू द्वारा को सजाया गया और दीवान सजाया गया लंगर का आयोजन भी हुआ इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नगर कीर्तन नहीं निकाला गया वहीं करौली जिले के हिंडौन सिटी स्थित मोहन नगर गुरूद्वारे में शबद कीर्तन के अलावा लंगर का आयोजन भी किया गया दौसा में जयपुर रोड़ स्थित गुरूद्वारे में शबद कीर्तन और गुरूबाणी का पाठ हुआ

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और दौसा सांसद जसकौर मीणा की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया इस भवन के निर्माण पर तीन करोड़ रूपये की लागत आयेगी

मौसम विभाग ने आज जयपुर भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है